स्कूलों में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत शिक्षकों को अब कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चिन्हित कर उन्हें पुनः मौका दिया जाएगा कैंबिनेट में लिया गया निर्णय सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय विशेष मॉनिटरिंग सेल का गठन प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय संकल्प मोटरसाइकिल रैली निकालकर लोकसभा चुनाव अभियान की शुरूआत की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 श्री मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और नये मकानों के निर्माण की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वर्ष दो हजार बाईस तक सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है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 प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों और मछुआरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि देश के एक करोड़ से भी अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत छह हजार रूपये प्रतिवर्ष की पहली किस्त मिल गई है श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने यह योजना घोषणा के केवल चौबीस दिन के अंदर लागू कर दी है प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के बाद जनसभा में यह बात कही मंत्रिमंडल निर्णय प्रदेश के शासकीय स्कूलों में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को अब जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चिन्हित कर उन्हें पुनः मौका दिया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया इसी महीने प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत् इन शिक्षकों की नियुक्ति अवधि समाप्त हो रही है कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि झीरम घाटी हमले में शहीद पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेन्द्र कर्मा के पूत्र आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त करने का भी निर्णय सरकार ने लिया है शासन के पास स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रस्ताव मिला था अल्पकालीन कृषि ऋण माफ प्रदेश में सहकारी और ग्रामीण बैंक के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण को भी माफ कर दिया गया है राज्य शासन के वित्त विभाग ने इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना दो हजार उन्नीस जारी की है इसके तहत प्रदेश के सभी किसानों का ऐसा अल्पकालीन कृषि ऋण स्थगित ऋण या मध्यकालीन परिवर्तित ऋण और मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण जो तीस नवंबर दो हजार अट्ठारह पर बकाया हो ऐसी बकाया राशि माफ की जाएगी फसलवार ऋण माफी सीमा के लिए अपेक्स बैंक द्वारा वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में धान फसल के लिए निर्धारित ऋण मान या फसल विशिष्ट के लिए निर्धारित ऋण मान में जो भी राशि कम हो वहीं ऋण माफी योग्य होगी व्यावसायिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है कार्पोरेट पार्टनरशिप फर्म या ट्रस्ट को दिए गए कृषि ऋण पर ऋण माफी का लाभ प्राप्त नहीं होगा भाजपा मोटरसाइकिल रैली आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज राजधानी रायपुर सहित विभिन्न स्थानों पर विजय संकल्प मोटरसाइकिल रैली निकाली पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर स्थित पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में हरी झण्डी दिखाकर इस रैली को रवाना किया यह रैली राजधानी के विभिन्न मार्गों से होते हए तेलीबांधा तालाब के पास समाप्त हुई रैली में लोकसभा सांसद रमेश बैस और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए इसी तरह दुर्ग में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय संकल्प रैली निकालकर लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज किया राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने दुर्ग में रैली को हरी झण्डी दिखाई कांग्रेस बैठक प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं इसी सिलसिले में आज रायपुर में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक आयोजित की गई पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बर्घल की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा की गई मतदाता सूची विशेष अभियान प्रदेश में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित पात्र नागरिकों के लिए आज से दो दिवसीय विशेष अभियान शुरू हुआ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी मतदाता केन्द्रों में शिविर शिविर लगाकर छूटे हुए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण किया जा रहा है इस दौरान मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन या सूची से नाम विलोपन के लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं शिविर में मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम का अवलोकन भी कर सकते हैं

इस विशेष सेल के अध्यक्ष पुलिस विभाग में आईजी स्तर के अधिकारी होंगे सेल के सदस्यों में वरिष्ठ पत्रकार एसपी स्तर के अधिकारी शासकीय अधिवक्ता जनसम्पर्क और चिप्स के अधिकारी रहेंगे यह राज्य स्तरीय सेल प्रदेश में फेक न्यूज की निगरानी और इन पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा साथ ही फेक न्यूज की जानकारी मिलने पर स्वतः संज्ञान ले सकेगा पटटा संशोधन विधेयक प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में शासकीय नजूल या निकाय की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाकर निवास कर रहे करीब एक लाख उनतालीस हजार परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा इसके लिए उन्हें तीस साल का पट्टा दिया जाएगा इसका लाभ उन्नीस नवंबर दो हजार अट्ठारह के पहले से काबिज परिवारों को मिलेगा विधानसभा में इस संबंध में छत्तीसगढ़ पट्टाधृति अधिनियम संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित किया गया है शहरी क्षेत्रों में भूमिहीन कब्जाधारी परिवारों को पट्टा देने और आवासहीन परिवारों को दो कमरे का पक्का मकान दिए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते इक्कीस फरवरी को आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था इसके मुताबिक वर्ष उन्नीस सौ चौरासी से लेकर दो हजार तीन तक सरकार ने जिन पट्टों का वितरण किया है और उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है ऐसे पट्टों का भी नवीनीकरण किया जाएगा सीवरेज परियोजना बिलासपुर सीवरेज परियोजना को सुरक्षा मानकों के अनुरूप पूरा किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बधेल की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए विशेष अमला गठित के साथ ही आम जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से राय लेने की भी बात कही तबादला राज्य सरकार ने कांकेर जिले के कलेक्टर डोमन सिंह को हटाकर उन्हें मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ किया है उनके स्थान पर दुर्ग के अपर कलेक्टर कुमार लाल चौहान को कांकेर जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है वहीं एक अन्य आदेश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी केसी अग्रवाल को सरगुजा और हिमांशु गुप्ता को दुर्ग रेंज का पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है

इसके लिए प्रदेशभर में कुल दो हजार दो सौ इकतीस परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं संवेदनशील और अति संवेदनशील केन्द्रों में सुरक्षा के प्रख्ता इंतजाम किए हैं इस साल बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में क्ल दो लाख बासठ हजार एक सौ चालीस परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वे तनाव में न रहें और भयमुक्त होकर परीक्षा दें कड़ी मेहनत ही सफलता की एकमात्र कंजी है जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिटठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में बिलासपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी